बैठक में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उन मुद्दों के बारे में चर्चा की जो राष्ट्रपति के निमंत्रण पर राज्यपालों के आगामी सम्मेलन मे उठाए जा सकते है और साथ ही केंद्रीय मंत्री के साथ राज्यपाल की बैठक में भी शामिल हो सकते है राज्यपाल ने संबंधित विभाग को विकासात्मक कार्यों के लिए समय पर आवश्यक धनराशि आंवटित करने की बात को भी दोहराया ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कोष जारी करने के अंतिम मिनट की भीड़ को कम कर सके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि सरकार ने कारोबारी सुगमता सूचकांक के बारे में भारत को उच्च स्थान पर लाने के लिए सुधार के ठोस प्रयास किए हैं अब सरकार का उद्देश्य सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने में सुधार करना है कल राष्ट्रपति भवन में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान और आई आई ई एस टी के निदेशकों के सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री कोविंद ने विश्वास व्यक्त किया कि आई आई टी और एन आई टी जैसे संस्थान प्रौद्योगिकी के नजरिए से नाग़रिकों के जीवनयापन को सुगम बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं उन्होंने कहा कि शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार जल आपूर्ति प्रणालियों को कुशल बनाना और स्वास्थ्य सेवा को अधिक प्रभावी करना कुछ ऐसे तौर तरीके हैं जिनके जरिये प्रौद्योगिकी एक औसत भारतीय के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है राज्य के मूख्य सचिव नरेश क्रमार ने बागवानी विभाग को फसल के सफलता अनुपात के अनुसार जिलों को बागवानी वस्तुओं के वितरण पर विचार करने का निर्देश दिया श्री कुमार ने सौ प्रतिशत सफलता सुनिश्चित करने के लिए भूमि की उपयुक्तता की जांच के लिए मिट्टी का परीक्षण करने का सुझाव दिया ये बात मुख्य सचिव ने कल ईटानगर में बागवानी विभाग के क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम से संबंधित बैठक में कही उन्होंने विभाग को किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देकर तकनीकि एवं सामग्री सहायता प्रदान करने को भी कहा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ईफ्फी आज गोवा के पणजी में श्रु हो गया इस अवसर पर आयोजित एक भव्य समारोह में देश और विदेश से फिल्म जगत की जानी मानी हस्तियों ने भाग लिया महोत्सव का उदघाटन सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया उन्होंने कहा कि भारत ने फिल्मों के जरिए विश्व में अपनी पहचान बनाई है उन्होंने कहा कि भारतीय फिल्मों को विश्वभर में पसंद किया जाता है श्री जावड़ेकर ने कहा कि एक ही छत के नीचे देश में फिल्मों की शूटिंग की अनुमति देने की व्यवस्था की गई है इस अवसर पर जाने माने अभिनेता रजनीकांत को आईकॉन ऑफ जुबली पुरस्कार से सम्मानित किया गया समारोह में केंद्रीय मंत्री बाबूल सुप्रियो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सूचना और प्रसारण सचिव अमित खड़े तथा फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन मौजूद थे इस अवसर पर फ्रांस की जानी मानी अभिनेत्री इसाबेल हुपर्त को लाइफटाइम एचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया ईफ्फी के पचासवें संस्करण के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया अरुणाचल प्रदेश दिव्यांगजन कल्याण सोसायटी ने गत सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव को एक ज्ञापन सौंपकर प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठनों में विकलांग व्यक्तियों के लिए ग्रूप ए और डी पदों में चार प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए तत्काल अधिसूचना जारी करने का आग्रह किया सोसायटी ने ए बी सी और डी श्रेणियों के पदों में विकलांग व्यक्तियों के पदोन्नति में तीन प्रतिशत आरक्षण का पालन करने के लिए राज्य सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए अधिसूचना जारी करने का भी आग्रह किया अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजों के सिन्यिक हॉल में कल विधायक रोद ब्रई ने चौथा तादक द्रलोम बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन किया अपने संबोधन में श्री बुई ने यूवाओं से नशा एवं अन्य असामाजिक तत्वों में संलिप्त न होकर खेलों में सक्रिय रुप से भाग लेने की अपील की पुरुष और महिलाओं के लिए एकल और डबल मुकाबलें में राज्यभर के सत्तावन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे है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 आज का अधिकतम तापमान अट्ठाईस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सत्रह दशमलव सात डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया